प्रदेश में निवेश के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर जल्द शुरू होगा काम अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने प्रदेश व केन्द्र सरकार पर किसान विरोधी होने का लगाया आरोप रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए आधिकारिक तौर पर बंद नशा निवारण मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नशे की बुराई से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर बल दिया है वे आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा नशे के विरूद्व शुरू किए गए विशेष अभियान के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज से नशे जैसी बुराई को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है उन्होंने लोगों से अभियान को जन आन्दोलन में बदलने की अपील की और उम्मीद जताई कि एक माह तक चलने वाले इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पांच नशामुक्ति केन्द्र खोलने का निर्णय भी लिया है जिनमें से एक केन्द्र आज न्यू शिमला के निजी अस्पताल में स्थापित किया गया मुख्यमंत्री ने इस मौके नशा निवारण रैली को रवाना किया और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए पोस्टर व शिमला जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री भी जारी की शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने नशे की बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने नशे के दुष्प्रभावों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने विभाग द्वारा नशा निवारण पर चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी वहीं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी नशा निवारण को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया समझौता ज्ञापन प्रदेश में निवेश के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वैश्विक निवेशक सम्मेलन पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसके लिए प्रत्येक व्यवसायिक समूहों के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को उनकी मांग के अनुसार भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी

रामस्वरूप प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बड़े उद्योगों और पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस नेता इन्वेस्ट्स मीट को लेकर बेबुनियाद ब्यानबाजी कर रहे हैं

उन्होंने इन्वेस्ट्स मीट के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई भी दी बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले मझाड़ा पुल का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा उन्होंने आज नाहन क्षेत्र के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यो का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए

बिंदल ने ये भी कहा कि डांगवाला गुरूद्वारा कोलावाला भूड़ पेयजल योजना का कार्य भी अगले तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले के कोठों स्थित मानव मंदिर में आज मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों के लिए हाईड्रोथैरेपी सुविधा का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हाईड्रोथैरेपी के माध्यम से अब लोगों का और बेहतर उपचार हो सकेगा सैजल ने सरकार की ओर से केन्द्र को हर सम्भव सहायता का आश्वासन भी दिया एशिया के सबसे बड़े मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के इस केन्द्र में देश के विभिन्न स्थानों से लोग ईलाज करवाने पहुंचते हैं

किन्नौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ पदम सिंह नेगी ने आज रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

भू अभिलेख निदेशालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के रोल नम्बर उनके पते पर भेजे जा चुके हैं और अधिक जानकारी संबंधित उपायुक्त की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे हालांकि जनजातीय जिले लाहौल स्पिति और किन्नौर सहित कुल्लू की उंची चोटियों पर आज भी रूक रूक कर बर्फबारी का दौर जारी रहा हिमपात से इन क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है इस बीच कुल्लू जिला प्रशासन ने खराब मौसम व हिमपात को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों से उंचाई वाले स्थानों में न जाने की अपील की है एडीएम अक्षय सूद ने बताया है कि रोहतांग दर्रे में बर्फीले तूफान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है

रोहतांग दर्रा इस बीच लाहौल स्पिति जिले का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा आज से वाहनों की आवाजाही के लिए अधिकारिक तौर पर बंद हो गया है उपायुक्त केके सरोच ने बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिगत मढ़ी और कोकसर में बचाव चौकियां स्थापित कर दी गई हैं उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है